रायसेन जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बदली स्कूल की तकदीर लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में आज रात आठ बजे से पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा

राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि धर्मगुरुओं से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष राखी और ईद का त्यौहार परिवार के साथ घर पर ही मनाया जा सकेगा भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि भोपाल में सिटी बसें प्राइवेट बसें ऑटो टैक्सी कैब ई रिक्शा सब बंद रहेंगे पब्लिक प्लेस होटल रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे होम डिलीवरी भी नहीं होगी शॉपिंग मॉल मार्केट किराने समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे फ्लाइट्स और ट्रेनों के टिकट ही ई पास की तरह मान्य होंगे अधिकारियों ने दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान दवाओ सब्जी फल दूध आदि अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी वहीं गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे हालांकि उद्योग चालू रहेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए कर्मचारियों के परिचय पत्र मान्य रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक संक्रमण वाले जिलों भोपाल ग्वालियर जबलपुर मुरैना खरगौन और उज्जैन पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं

इनमें से साढ़े तीन हजार के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं

बढ़ते संकमण को देखते हुए जिले में रविवार और सोमवार को टोटल लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें

एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा

इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गयी है

प्रवेश की कार्यवाही मेरिट अनुसार निर्धारित है

शिक्षक प्रयास रायसेन जिले के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के अभिनव प्रयासों ने यहाँ के एक गुमनाम से स्कूल को देश भर में चर्चा में ला दिया है यहाँ तक कि उनके फौलादी इरादों को देखते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है

हालांकि राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है मौसम विभाग ने जबलपुर शहडोल इंदौर सागर भोपाल होशंगाबाद उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है